कल ब्राजील के साओ पौलो में स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में राज्य सरकारों सहित सभी संबद्ध पक्षों से चर्चा की जायेगी और इसे एक विशाल जन अभियान बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया जायेगा रिजर्व बैंक निर्देश रिज़र्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे एटीएम पर तकनीकी खराबी के कारण असफल लेन देन की गिनती हर माह स्वीकृत निशुल्क एटीएम लेनदेन में न करें साथ ही बकाया धनराशि का पता लगाने और धन स्थानांतरण के लिये एटीएम का प्रयोग भी किसी उपभोक्ता को दी जाने वाली निशुल्क सुविधा का हिस्सा नहीं होना चाहिये फिलहाल बैंक अपने एटीएम पर उपभोक्ताओं को एक निश्चित संख्या में निशुल्क लेनदेन की सुविधा देते हैं और उससे अधिक बार लेन देन होने पर शुल्क लिया जाता है प्रहलाद पटेल केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल की ग्राम स्वराज पदयात्रा आज से शुरू हो गई है

यात्रा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं

इस दौरान यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले इलाकों में लोगों को नशामुक्ति स्वच्छता ग्रामीण विकास और वृक्षारोपण जैसे मुद्दों पर जागरुक बनाया जायेगा अटल पुण्यतिथि भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पहली पुण्यतिथि है इस अवसर पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने अटलजी को श्रद्वासुमन अर्पित किये प्रदेशभर में कई श्रद्वांजलि सभाएं और कवि गोष्ठियां आयोजित की जा रही है बैतूल जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटलजी का पुण्य स्मरण किया इस मौके पर उनकी कविताओं का काव्यपाठ भी किया गया इंदौर में अटल फाउण्डेशन द्वारा भावभीनी श्रद्दांजलि दी गई और वृक्षारोपण किया गया

भुजरिया रक्षाबंधन के दूसरे दिन आज साम्प्रदायिक सौहार्द्र प्रकृति के प्रति प्रेम का पर्व कजलिया परंपरागत उत्साह से मनाया जा रहा हैं कई जगह इसे भुजरिया के नाम से भी जाना जाता है

परंपरा के मुताबिक नागपंचमी के दिन लोग अपने अपने घरों में गेहूं के दाने बोते हैं फिर आज शोभायात्रा के रूप में इन जवारों को नदी के घाटों पर ले जाते हैं आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इस मौके पर आज कटनी में कजलिया मेला आयोजित किया गया है राजगढ़ जिले में सुठालिया में नगर में चल समारोह का आयोजन किया गया है ग्वालियर में एतिहासिक चकरी मेला भी आज से प्रारंभ हो गया मौसम बारिश राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदियां बांध और नाले उफान पर हैं उज्जैन में कल बारिश की बजह से तेज बहाव में एक कार पुलिया पर हादसे का शिकार बन गई उसमें सवार दो शिक्षिकाओं और ड्रायवर की मौत हो गई

निवाड़ी जिले के सिनोनिया गांव में जामनी नदी में फंसे तीन लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने हेलीकाप्टर की मदद से सुरक्षित निकाल लिया है लगातार बारिश के कारण खंडवा में इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांधों के गेट आज खोले जा सकते हैं